राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज सवेरे राजघाट पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्वाजंलि अर्पित की मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी बापू को श्रद्वांजलि दी है

मुरैना से हमारे संवाददाता ने बताया है कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर शहर के शहीद स्मारक पर कलेक्टर प्रियंका दास और पुलिस अधीक्षक ने बापू को श्रद्धांसुमन अर्पित किये वहीं कटनी में शहीदों की स्मृति में दो मिनट का मौन रखा गया उमरिया में गांधीजी के बलिदान दिवस पर शहर के गांधी चौक पर शहीदों को श्रद्वांजलि अर्पित की गयी इस दौरान गांधीजी के प्रिय भजनों का गायन भी किया गया वहीं इस अवसर पर युवाओं को नशे से दूर रहने और उसे छोडने का संकल्प दिलाया गया आगरमालवा रायसेन गुना शाजापुर रीवा धार सहित विभिन्न जिलों से शहीद दिवस पर बापू को श्रद्धांजलि देने के समाचार मिले है कमलनाथ मुख्यमंत्री कमल नाथ ने एक बार फिर संवेदनशीलता का परिचय देते हुए कांग्रेस अध्यक्ष और सांसद राहुल गांधी के खिलाफ सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने वाले निलंबित शिक्षक को बहाल करने के निर्देश दिये हैं श्री नाथ ने इसके पूर्व जबलपुर के एक शिक्षक का निलंबन वापस करवाया था जिसने उनके खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी की थी मुख्यमंत्री ने कहा कि आलोट के जिस शिक्षक ने राहल गांधी के खिलाफ टिप्पणी की थी उसे माफ करने का मुझे अधिकार नहीं था लेकिन उनकी यह नीति रही है कि वे नफरत की नहीं प्रेम की राजनीति करेंगे पुलिस महानिदेशक प्रदेश के नवनियुक्त पुलिस महानिदेशक विजय कुमार सिंह ने आज अपना कार्यभार संभाल लिया है

भोपाल रिथित पुलिस मुख्यालय में कार्यभार संभालने के बाद उन्होंने कहा कि पुलिस प्रोफेशनल होकर काम करें यही उनकी प्राथमिकता होगी

इस रैली में टीकमगढ जिले के अलावा सागर छतरपुर दमोह दतिया अशोक नगर श्योपुर गुना भिड मुरैना और ग्वालियर जिले के युवा शामिल हो सकते है भर्ती में शामिल होने के लिए पात्र युवाओ का ऑनलाइन पंजीयन अनिवार्य है जिन युवाओ ने पूर्व में अपना रजिस्टेशन नही कराया है वे इस रैली में शामिल नही हो सकेगे जिला कलैक्टर सौरभ कुमार सुमन ने भर्ती स्थल ढौगा मैदान का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिये वहीं आज इस संबंध मे पुलिस कंटोल रूम मे समीक्षा बैठक आयोजित हुई जिस में पुलिस अधीक्षक कुमार प्रतीक ने अधिकारियो को निर्देश देते हुए कहा कि आर्मी भर्ती रैली के लिए आने वाले प्रतिभागियों एवं अधिकारियो को कोई परेशानी नही हो इस दौरान उन्होने भोजन बिजली पानी सफाई और स्वास्थ्य व्यवस्थाओं सहित कानून व्यवस्था की समीक्षा की

पांच दिवसीय इस समारोह के अंतिम दिन सूफी गायक हंसराज हंस अपनी प्रस्तुति देंगे कल समारोह के चौथे दिन बुंदेली और आल्हा गायन की प्रस्तुति हुई समारोह के दौरान लगाये गये विभिन्न स्टालों से बड़ी संख्या में लोगों ने खरीददारी की मौसम उत्तर भारत से आ रही सर्द हवाओं के कारण भोपाल समेत प्रदेश के ज्यादातर जिलों में कड़ाके की ठंड पड़ रही है

शीतलहर के कारण भोपाल इंदौर सहित कई जिलों के स्कूल आज भी बंद है मौसम विभाग ने जबलपुर इंदौर सागर और चंबल संभागों के जिलों में आज शीतल दिन रहने का पूर्वानुमान जताया है वहीं होशंगाबाद इंदौर उज्जैन और ग्वालियर संभागों के जिलों में कहीं कहीं पाला पड सकता है विभाग के अनुसार आनेवाले दो से तीन दिन मौसम में विशेष परिवर्तन नहीं होगा

कर्नल ढिल्लन की समाधि स्थल हातौद गांव के आजाद हिन्द पार्क में स्थित है